प्रदेश में कोरोना मामलों में बढ़ौतरी जारी सक्रिय मामलों में सोलन ज़िला सबसे ऊपर और राज्य में मॉनसून की वर्षा का क्रम जारी भारी वर्षा से प्रदेश की एक सौ उनासी सड़कें अवरूद्व शपथ प्रदेश मंत्रिमंडल में तीन नए मंत्री शामिल किए गए हैं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज राजभवन में हुए एक सादे समारोह में इन मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई नए मंत्रियों में सिरमौर ज़िले में पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी कांगड़ा जिले में नुरपूर के विधायक राकेश पठानिया और बिलासपुर ज़िले में घुमारवी के विधायक राजेंद्र गर्ग शामिल है इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित मंत्रिमंडल के अनेक सदस्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप और वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी मौजूद थे मुख्यमंत्री इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि नए मंत्रियों को विमागों का आबंटन कर दिया जाएगा और विभागों में फेरबदल भी होगा शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या पूरी हो गई है और सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल को संतुलित बताया

मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोरोना का प्रभाव कम होता है तो सरकार जल्द ही इस पर विचार करेगी

आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए ये निर्णय लिया गया

उच्च शिक्षा और वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई पर विद्यार्थियों को अधिक राशि मिलेगी मंत्रिमंडल ने प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की प्रभावी निगरानी व समीक्षा के लिए राज्य खाद्य आयोग के गठन को भी मंजूरी प्रदान की कुल्लू किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों में महिला शक्ति केंद्र योजना को लागू करने को भी मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने बैठक में कई अन्य जनहित से जुड़े निर्णयों पर भी अपनी मुहर लगाई शांता कुमार भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा है कि अयोध्या में पांच अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास भारत के इतिहास में सुनहरी अक्षरों मे लिखा जाएगा उन्होंने कहा कि ये अवसर हिमाचल खासकर पालमपुर के लिए भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है

कोरोना अपडेट प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार वृद्वि हो रही है

वित्त मंत्रालय ने कल इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है प्राधिकरण हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने संविधान के आदर्शो और लोगों को उनके कर्तव्यों के बारे में जागरूक करने के लिए राज्यव्यापी जागरूकता प्रचार प्रसार अभियान डिजिटल माध्यम से शुरू किया हैं प्राधिकरण के एक प्रवक्ता ने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ती तरलोक सिंह चौहान के कुशल मार्ग दर्शन में सूचना शिक्षा और संचार सामग्री प्रसारित करने के उद्देश्य से ये अभियान शुरू किया गया है

जागरूकता दूसरी ओर कुल्लू ज़िला की ग्राम पंचायत ओल्ड मनाली में वर्ल्ड डे अगेन्स्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सनस मनाया गया जिला व सत्र न्यायाधीश विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अध्यक्ष पुरेन्द्र वैद्य और विधिक सेवाएं प्राधिकरण के जिला सचिव अनिल शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान लोगों को डिजिटल माध्यम से उनके कानूनी अधिकारों व नालसा की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के जरिए लोगों को राज्य व केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से भी अवगत करवाया गया मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में मॉनसून की वर्षा का क्रम रूक रूक कर जारी है

आत्मनिर्भर चंबा ज़िला के उपायुक्त विवेक भाटिया ने युवा वर्ग से केंद्र व प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया है चंबा में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का लाभ उठाकर युवा वर्ग आत्मनिर्भर बन सकता है जिसके लिए जिला उद्योग विभाग भी हर संभव मदद कर रहा है